मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों की गोलीबारी में एक यूवक गम्भीर रूप से घायल

भाजपा ने भारत बंद के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसा और इस कारण बिहार के जहानाबाद में एक बच्ची की मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी से जवाब मांगा है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बंद समर्थकों के उत्पात के कारण देशभर में भय का माहौल बना जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा श्री प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए

लेकिन जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी लोग गुस्से में खीझ कर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो उग्रता का प्रदर्शन कर बंद को सफल करने की कोशिश की जा रही है भाजपा नेता ने कहा कि जहानाबाद में एक बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गयी जो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के असंवेदनशील रवैये को दिखाता है इधर केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत बंद को आम लोगों को भ्रमित करने का विपक्षी दलों का प्रयास बताया है

अब जैसे की कहते है कि ळैज हटाओ ेजंजमे से तो क्यों नहीं कांग्रेस की जहा राज्य सरकारे है जहाँ तथाकथित महागठबंधन की राज्य सरकारे है वो शुभ काम करे हमारे यहाँ तो शुरू हो गया काम हमारी राज्य सरकारों ने कर दिया शुरू पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हिंसक प्रदर्शन किया जहानाबाद जिले में बंद समर्थकों ने एक बच्ची को अस्पताल ले जा रहे ऑटो रिक्शा को रोके रखा तबीयत बिगड़ने पर बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गयी इधर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में बंद समर्थकों की गोलीबारी में एक युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसकी स्थिति गम्भीर बनी हुई है एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है इधर प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में रेल और सड़क यातायात बाधित किया जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग रेलखंडों पर बंद के दौरान सत्तर से अधिक ट्रेनों का परिचालन बाधित किया पटना में कई स्थानों पर बंद समर्थकों ने उत्पात मचाते हुए वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिये जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जला कर आवागमन को बाधित रखा और जबरदस्ती द्रकानें बंद करवायी कहीं कहीं सार्वजनिक सम्पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया लगभग सात सौ बंद समर्थकों को पुलिस ने जगह जगह हिरासत में लिया कांग्रेस और राजद समेत अन्य विपक्षी दलों ने आज के भारत बंद को पूरी तरह सफल बताया है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बंद को आम लोगों का समर्थन हासिल हुआ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि बंद के दौरान आम लोगों का आक्रोश देखने को मिला इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बंद का पूरी तरह विफल बताया श्री राय ने कहा कि बंद के दौरान विपक्षी दलों का अमानवीय चेहरा सामने आया है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी बंद को पूरी तरह विफल बताते हुये कहा कि इस दौरान बंद समर्थकों ने अराजकता दिखाई लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून की मांग की है अपने ट्वीट में श्री पासवान ने नई दिल्ली में एक सीवर में सफाई के दौरान पांच लोगों की मृत्यु को शर्मनाक और अमानवीय बताया श्री पासवान ने कहा कि यह कानून उन ठेकेदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो हाथ से मैला सफाई के लिए मजदूरों को मजबूर करते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि बच्चों में कैंसर का उपचार भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कूमार पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इसके लिए दरें भी तय कर दी गई है उन्होंने बताया कि देश में आयुष्मान भारत के अंतर्गत दो हजार बाईस तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जाएंगे भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक कल से बोधगया में शुरू होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि बैठक में पार्टी के सांसद विधायक विधान पार्षद और अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे इस दौरान मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि मॉनसून की ट्रफ लाईन अभी पूर्णियां और मधेपुरा होते हुये गुजर रही है जिस कारण इन इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है साथ ही झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हिस्सों में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मधुबनी के फुलपरास में सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं किशनगंज जिले के बहाद्रगंज तैय्यबपूर और ठाकुरगंज में सात सात सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी इधर कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के पलसा गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में एक महिला और तीन पशुओं की मौत हो गयी भागलपुर और अररिया जिले में डूबने की अलग अलग घटनाओं में पांच बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गयी भागलपुर जिले के अमडंडा थाना क्षेत्र के श्रीमतपुर गांव के पास बरसाती नदी पार करने के दौरान ड्रबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई वहीं अररिया जिले के जोकीहाट रानीगंज और डोरिया सोनापुर में दो बच्चों और एक मजदूर की डूबने से मौत की खबर है बिहार और महाराष्ट्र पुलिस ने दरभंगा शहर के हसन चौक से मुंबई की एक कंपनी से सैंतालीस लाख रुपये लेकर फरार होने वाले अरुण भगत को गिरफ्तार कर लिया है वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से सोलह लाख रुपये बरामद किये गये हैं रेलवे ने ग्रूप डी के लिए होने वाली कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा सत्रह सितम्बर से सोलह अक्टूबर के बीच होगी अभी उन्हीं का प्रवेश पत्र संबंधित भर्ती बोर्ड की वेबसाईट पर डाला गया है रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रैक्टिस सेट का लिंक भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिया है मनरेगा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जहानाबाद जिले के आदर्श ग्राम पंचायत धरनई को राष्ट्रीय मनरेगा पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा धरनई बिहार की पहली ग्राम पंचायत है जो मनरेगा पुरस्कार के लिए चयनित हुई है देशभर की बारह ग्राम पंचायतों का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है जिसमें धरनई को दूसरा स्थान मिला है कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह में पंचायत को पुरस्कार दिया जायेगा बिहार रणजी टीम के मुख्य कोच सुब्रतो बनर्जी ने कहा है कि अठारह वर्ष बाद क्रिकेट की मुख्यधारा में शामिल हुई राज्य की टीम राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र ही अपनी पहचान बना लेगी श्री बनर्जी ने बीसीए की ओर से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में क्रिकेटरों के लिए चल रहे अभ्यास कैंप के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे बिहार के पूर्व रणजी खिलाड़ी विकास कुमार उर्फ रानू को भारतीय रेलवे सीनियर क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है विकास कुमार ईस्ट जोन अंडर नाइनटीन और झारखंड अंडर सिक्सटीन के कोच भी रह चुके हैं खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के रोहड़ी ढ़ाला के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से साठ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है शेखपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र बरुई गांव में करंट से एक युवक की मृत्यु हो गई नालंदा जिले के चेरो थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है पटना पूलिस ने सचिवालय थाना क्षेत्र से अवैध लॉटरी बेचने वाले दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार धंधेबाजों के पास से तेईस हजार रुपये नकद मोबाइल फोन और चेकबुक बरामद किये गये हैं अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के उदा मोड़ के पास से पुलिस ने एक किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों की गोलीबारी में एक यूवक गम्भीर रूप से घायल